ये बात मुख्यमंत्री ने आज शिमला में चल रहे विधानसभा के बजट सत्र में प्रश्नकाल के दौरान पच्छाद की विधायक रीना कश्यप द्वारा राजगढ़ अस्पताल में आठ डॉक्टरों के पद खाली रहने पर आपत्ति जताने के बाद कही दो दिन के अवकाश के बाद आज शिमला में बजट सत्र आरंभ हुआ जिसमें स्वास्थ्य विभाग से संबंधित प्रश्नों के जवाब मुख्यमंत्री ने दिए खाली पदों के लिए पूर्व कांग्रेस सरकार को ज़िम्मेवार ठहराते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने राजनीतिक फायदा उठाने के लिए जल्दबाज़ी में बहुत सारे अस्पताल खोल दिए लेकिन वहां डॉक्टरों की भर्ती नहीं की जिसका खामियाज़ा जनता को भुगतना पड़ रहा है उन्होंने आश्वासन दिया कि सभी खाली पदों को सरकार प्राथमिकता के आधार पर भरेगी

मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने प्रश्नकाल के दौरान विधायक सुखविंद्र सिंह सुक्खू के मूल सवाल के जवाब में ये बात कही

मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार डेंटल डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु नहीं घटाएगी इसी मुद्दे पर भाजपा सदस्य राजीव बिंदल ने सुझाव दिया कि प्रशिक्ष डेंटल डॉक्टरों के लिए डेंटल कालेजों में एक साल का प्रशासनिक सेवा का कोचिंग कोर्स आरंभ किया जाए ताकि ये डॉक्टर डेंटल के अलावा प्रशासनिक सेवा में भी नौकरी हासिल करने के लिए सक्षम हो सके वॉ कआउट प्रदेश विधानसभा में विपक्ष ने आज एक बार फिर सदन से वॉकआउट किया

प्रश्नकाल के तुरंत बाद कांग्रेस विधायक नंदलाल ने मंडी जिले के बल्ह क्षेत्र में अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति के घर में देवता के समारोह के दौरान तोड़ फोड़ चूल्हे में पानी डालने और भोज की खाद्य सामग्री को नष्ट करने का मुद्दा उठाया

इस मुद्दे को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विधायकों को शांत करने का प्रयास किया और कहा कि ऐसी घटनाओं की कड़ी निंदा की जानी चाहिए और दोषियों को कानून के तहत सजा मिलनी चाहिए उन्होंने कहा कि सरकार भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कड़े कदम उठा रही है जयराम ठाकुर ने कहा कि इस तरह की घटनाओं में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी उन्होंने यह भी कहा कि मंडी शिवरात्रि में एक भोज के दौरान अनुसूचित जाति के व्यक्ति के साथ घटित घटना में कांग्रेस का पदाधिकारी दिलेराम शामिल है और उसे गिरफ्तार किया गया है इस दौरान वॉकआउट से पहले और बाद में सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोक झोंक भी हुई मुख्यमंत्री के जवाब से असंतुष्ट कांग्रेस व माकपा विधायक ने सदन में नारेबाजी की और बाद में सदन से वॉकआउट कर गया

इनमें प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना भी मातृ व शिशु मृत्य दर में कमी लाने और गर्भवती महिलाओं के सही पोषण में सुनिश्चित बनाने में सहायक सिद्ध हो रही हैं चंबा जिला के सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों में मातृ शिशु बैठकों का आयोजन कर महिलाओं को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे बताया गया सही पोषण देश स्वस्थ व पोषाहार मां के दूध के साथ साथ अतिरिक्त पोषाहार और व्यक्तिगत साफ सफाई जैसे विषयों पर जानकारी दी गई